प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या में राममंदिर के निर्माण पर अध्यादेश लाने का फैसला न्यायिक प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद ही किया जा सकता है एक समाचार एजेंसी के साथ भेंटवार्ता में प्रधानमंत्री ने काग्रेस पर आरोप लगाया कि वो उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मामले पर फैसले क रास्ते में रोड़े अटका रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वकील देश की सर्वोच्च अदालत में बाधाएं पैदा कर रहे हैं ताकि इस मामले में फैसला जल्दो न आ सके बाइट भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफियेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है हम पूरी तरह से प्रयास करने के लिए तैयार हैं किसानों के कर्ज माफ किए जाने के बारे में एक सवाल के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋण की समस्या का यह आदर्श समाधान नहीं है उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर किसान ऐसे हैं जो साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने शासन वाले राज्यों में कृषि ऋणों को माफ करने की घोषणा करके राष्ट्र को गुमराह कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के जीवन में सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है बाइट पहले भी सरकारों ने कर्ज माफी की थी बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना एम्पॉवर करना बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना

प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने किसानों को बेहतर किस्म के बीज रियायती दाम पर उपलब्ध कराने और बाईस फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने जैसे कदमों का जिक्र किया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा सरकार ने मुद्रास्फीती की दर में दो प्रतिशत की कमी ला दी है इसके अलावा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और मुद्रा योजना की शुरूआत की गई है

उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के उद्यमियों क लिए स्टार्ट अप योजना भी शुरू की गई है

बाइट आखिर महागठबंधन क्यों बन रहा है पांच साल हो गये महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर कुछ सोचा हो कुछ कहा हो एक स्वर से कहा हो ऐसा हुआ है क्या नहीं हुआ है अभी भी उनके यहां से भिन्न भिन्न स्वर निकलते है ये खुद को बचाने के लिए मैदान में सहारा दूंढ़ रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ो बच जाएंगे तो ये खेल चल रहा है क्या करेंगे क्यों करेंगे देश के लिए क्या करेंगे ऐसा कुछ दृष्टि नहीं है राफेल के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस बारे में संसद में पहले ही बयान दे चुके हैं और उच्चतम न्यायालय भी इस पर अपना फैसला सुना चुका है नीरव मोदी विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे आर्थिक अपराधियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कडी नीतियों से घबराकर ये लोग विदेशों को भाग गये

अगुस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता का मिशेल का वकोल बनना चिंता की बात है उन्होंने कहा कि इस मामले में जारी जांच से सच्चाई सामने आ जाएगो नोटबंदी के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि कालेधन की समानान्तर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है जीएसटी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कर प्रणाली आसान हुई है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

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने खाना पकाने के लिए रसोई गैस के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सराहना की उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना दुनिया में गरीबी उन्मूलन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है उपराष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि दिसंबर तक एक करोड़ तीन लाख लोगों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी थी जिसने बेहद गरीब वर्ग तक उज्ज्वला योजना का विस्तार करने में मदद की उप राष्ट्रपति ने इस अवसर पर उज्ज्वला योजना पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इसके तहत विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होगा

विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि इस विलय से बैंक का नेटवर्क बढ़ने के साथ तीनों बैंकों के बीच बेहतर तालमेल से उत्पादकता और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ेगी गुजरात के सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दोष मुक्त किये जाने के फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है आज लखनऊ में अपने आवास पर जनता दर्शन हाल में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में विशेष अदालत के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने किस तरह अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ साजिश रची थी उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश के संविधान और कानून को कुचलने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से कांग्रेस की कुत्सित नीति उजागर हुई है

इस अवसर पर श्री नाईक ने कहा कि शासकीय कार्यपद्वति में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से बहुत परिवर्तन हुआ है उन्होंने कहा कि ई आफिस से कार्यपद्वति में सुधार होने से जहां पारदर्शिता होगी तो वहीं जिम्मेदारी भी तय होगी कि कौन सी पत्रावली किसके पास है और कब तक लम्बित रही राज्यपाल ने कहा कि ई सिस्टम का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए इससे समय और अनावश्यक कागज के प्रयोग से राहत मिलेगी

अपने फेसबुक पोस्ट पर वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस योजना को एक युगांतरकारी योजना बताते हुए कहा कि औसतन प्रतिदिन पांच हजार दावों का भुगतान दिया जाता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सितम्बर में आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया था

इन कंपनियों के ऋणों को डूबा ऋण नहीं माना जाएगा इस निर्णय से ऐसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा जो नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद नकदी की कमो का सामना कर रहे हैं